आज महाराष्ट्र के हतकानंगले कोल्हापुर माढा और सतारा तथा दक्षिणी गोवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है क्योंकि वे खुद भ्रष्टाचार में लगे हैं श्री मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों की कल की रैली का एकमात्र उद्देश्य वशवादी राजनीति का संरक्षण और पोषण करना था उन्होंने कहा कि भाजपा का गठबंधन सवा सौ करोड़ लोगों और उनकी आकांक्षाओं के साथ है उन्होंने विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचार घोटाले नकारात्मकता अस्थिरता और असमानता का गठजोड़ बताया ऊंची जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को दस प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के निर्णय पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर यह फैसला लागू न हुआ होता तो विपक्षी दल इससे परेशान न होते श्री मोदी ने इन आरोपों को खारिज किया कि यह फैसला चुनाव के मद्देनजर लिया गया है प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए कहा भाजपा के कार्यकर्ताओं का जज्बा ईमानदारी मेहनत और मजब्रती के साथ खड़े रहने की ताकत चुनौती को ही चुनौती देने वाला मिजाज हिन्दुस्तान की राजनीति में भाजपा का सबसे बड़ा योगदान है अगर कोई मुझे पूछेगा तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है यह संगठन आधारित राजनीतिक आंदोलन है

उन्होंने कहा कि पहले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गो के उम्मीदवारों के प्रति गृस्सा हुआ करता था क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्राप्त नहीं था उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संख्या में सामान्य श्रेणी के गरीब लोगों को फायदा होगा लखनऊ में आज मीडिया से बातचीत में श्री आठवले ने कहा कि इस निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि संसद ने विधेयक पारित कर दिया है और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बैनर्जी की रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का आना सत्तारूढ़ दल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है

बयालीस एकड़ भूमि में फैले टेंट सिटी में समी चौबीस क्लस्टरों में वाराणसी समेत भारत की ऐतिहासिक इमारतों जैसे सारनाथ का स्तूप अशोक स्तम्म अशोक चक्र और प्रमुख घाटों के विशाल चित्रों को दर्शाया गया है टेंट सिटी में आठ बेड का अस्थाई अस्पताल स्थापित किया गया है और एक जिम खाने की भी व्यवस्था है आयोजन में शामिल होने के लिये इस बार पांच हज़ार आठ सौ दो प्रवासी भारतीयों ने पंजीकरण कराया है बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस आयोजन का औपचारिक उद्घाटन किया जायेगा इस अवसर पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे तेईस जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका समापन करेंगे

मेला प्रशासन ने आज सुबह से यातायात मार्ग में परिवर्तन किए हैं और केवल आपात सेवाओं वाले वाहनों को ही मेला क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति है पौष पूर्णिमा को शुभ माना जाता है और इसके साथ ही कुंम मेले में एक माह तक चलने वाले कल्पवास की श्रूआत होती है कल्पवास की पूरी अवधि के दौरान लोग एक महीने तक संगम के निकट छोटे छोटे टैंटों में रहते हैं और दिन में तीन बार स्नान करते हैं तथा दिन में केवल एक ही बार भोजन करते हैं ऐसी मान्यता है कि पूरी श्रद्वा के साथ कल्पवास के नियम का पालन करने पर मस्तिष्क और आत्मा शुद्धि मिलती है

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर अपने संदेश भेज भी सकते हैं